उन्होंने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से देश के किसान बिचौलियों से त्रस्त थे

श्री मोदी ने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलता रहेगा और सरकारी स्तर पर कृषि उत्पादों की खरीद होती रहेगी उन्होंने कहा कि इन विधेयकों के पारित होने से किसानों का बड़े स्तर पर सशक्तिकरण होगा इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं ये वही लोग हैं जो बरसों तक एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की इन सिफारिशों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठे हए थे मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे विधानसभा सत्र राज्य विधानसभा का एक दिवसीय सत्र आज संपन्न हुआ

सदन में सबसे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राज्यपाल लालजी टण्डन समेत अन्य दिवंगतों को श्रद्वांजलि अर्पित की गई जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने पांच मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी स्थगन के बाद जब सदन दोबारा समवेत हुआ तब मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति का ब्यौरा सदन में दिया

इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई

रीवा से हमारी संवाददाता आरती श्रीवास्तव ने बताया है कि जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भी लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए जागरुकता अभियान चलाये जा रहे हैं जिनमें नवजात कन्या के प्रसव पर उनके माता पिता को सम्मानित करने बेटियों और महिलाओं के कल्याण के लिये शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाने के कार्यक्रम शामिल हैं

उनका कहना है कि यह देश के स्कूलों और उच्च शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगी

मौसम भोपाल सहित कई जिलों में आज भी तेज धूप निकली वहीं दोपहर बाद कई जिलों में बादल छाने और ब्रंदाबांदी होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली सीहोर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में रूकरूक कर बारिश का दौर जारी है